सत्र का श्भारंभ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ होगा

इस बीच भाजपा विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में आज शिमला में होगी जिसमें विधानसभा सत्र की रणनीति तैयार की जाएगी बैठक में विधानसभा अध्यक्ष के नाम पर औपचारिक सहमति बनाई जाएगी

द्रसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस की बैठक भी आज नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में शिमला में होगी जिसमें सत्र की रणनीति तय की जाएगी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

अमर उजाला का शीर्षक है जयराम मंत्रिमण्डल का विस्तार फिलहाल टला नए विधानसभा अध्यक्ष पर आज प्रधानमंत्री मोदी शाह और नड्डा से सहमति लेंगे मुख्यमंत्री दिव्य हिमाचल की सुर्खी है कौन होगा विधानसभा अध्यक्ष आज होगा तय देश की बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन चुना गया हिमाचल शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है कोलकाता में इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट में मिला सम्मान एक बार फिर पर्यटकों की पहली पसंद हिमाचल दस्तक के शब्द हैं नई पंचायतें बनाने का फार्मूला तैयार मुख्यालय से दूरी नहीं बल्कि आबादी होगा नई पंचायतों के गठन का आधार

दैनिक भास्कर ने लिखा है सरकार की शीर्ष कोर्ट में याचिका कहा हिमाचल को प्रोजेक्टों में एफसीए क्लीयरेंस में राहत दी जाए दैनिक जागरण के अनुसार विवादों के बीच टीजीटी के नौ सौ पद भरने को मिली मंजूरी आपका फैसला ने मुख्यमंत्री के बयान को सुर्खी दी है मंडी शहर में विकसित होगी शिवधाम मौसम पर पंजाब केसरी की सुर्खी है शिमला व आसपास के क्षेत्रों में ओलावृष्टि तापमान में गिरावट

सोलन की पूर्व विधायक मेजर कृष्णा मोहिनी के कल देर सायं निधन होने से की खबर भी आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है